भाजपा व कांग्रेस दोनों प्रमुख दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज लाहौल स्पीति के गोंपा व किन्नौर के टापरी में मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा के पक्ष में लोगों से सहयोग मांगेगे इस दौरान रामस्वरूप शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करेंगे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से किशन कपूर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में उपस्थित रहेंगे शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप रोहडू विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जनसंवाद करेंगे दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह चंबा में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी पवन काजल के पक्ष में वोट मांगेंगे इस दौरान पवन काजल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा सुंदरनगर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से रामलाल ठाकुर भोरंज विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ जनसभाएं कर वोट मांगेंगे शिमला संसदीय क्षेत्र से धनीराम शांडिल जुब्बल कोटखाई और रोहडू के खड़ापत्थर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे निरीक्षण भारत चुनाव आयोग द्वारा शिमला संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रकिया की देख रेख के लिए नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक नरेश बंसल ने सिरमौर जिला के विभिन्न क्षेत्रों का दो दिवसीय दौरा किया इस दौरान उन्होंने उड़नदस्तों और स्टेटिक निगरानी टीमों का औचक निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए महा नाटी कुल्लू जिला में मतदान के महत्व और मतदान प्रतिशतता में वृद्धि के उद्देश्यों से चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों की कड़ी में कुल्लू के ऐतिहासिक रथ मैदान में आज महिलाओं की महा नाटी का आयोजन किया जा रहा है इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी यूनुस कर रहे हैं

मेगा नाटी के संदेश प्रसारण में मीडिया की भी अहम भूमिका रहेगी नाटी के दौरान राष्ट्रीय ध्वज और निर्वाचन आयोग का लोगो भी मैदान के मध्य भाग में तैयार किया जाएगा नई मतदाता महिलाओं की उंगलियों पर स्याही का निशान सभी को मतदान करने के लिए प्रेरित करेगा सेब प्रदेश में सेब की उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा शिमला के कुफरी में दूसरे ऐपल कनक्लेव का आयोजन किया गया

उन्होंने कहा कि सरकार एक उच्च स्तरीय समिति बना रही है जिसमें फल उत्पादक सरकार अनुसंधान संस्थान और उद्योग को शामिल किया जाएगा

कल अक्षय तृतीय के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए गए है इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सरकार व प्रशासन ने सभी पुख्ता प्रबंध किए हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने आईसीएसई और आईएसई के नतीजे़ घोषित होने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के मुताबिक आईएसई जमा दो में सोलन का यश नॉन मेडिकल स्ट्रीम में हासिल किया पहला स्थान गुड़िया प्रकरण से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है कोटखाई लॉकअप हत्याकांड मामला चंडीगढ़ कोर्ट शिफ़ट अमर उजाला के शब्द हैं पुलिस हिरासत में सूरज हत्याकांड मामला शिमला सीबीआई कोर्ट से चंडीगढ़ शिफ्ट दैनिक जागरण के मुताबिक चंडीगढ़ में होगी सूरज हत्या मामले की सुनवाई जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार चंडीगढ़ में होगी सूरज नेपाली कस्टोडियल डैथ केस की सुनवाई दिव्य हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है खवाब में पीएम बनने का मजा ले रहे राहल जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से पत्र लिखता है भाजपा ने शांता को जबरन घर बिठाया अमर उजाला की एक खबर है सुक्खू को स्टार प्रचारकों की सूची से हटाने पर पाटिल का राठौर को नोटिस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

नमस्कार